भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं जयंती वर्ष के सिलसिले मे अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे प्रदेश में चार जगहों पर अमृत महोत्सव का किया जा रहा है आयोजन

देश में अब तक दो करोड छप्पन लाख नब्बे हजार से अधिक लोगों को लगाये गए कोविड के टीके

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पूर्वान्ह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इसकी शुरूआत करेंगे बारह मार्च उन्नीस सौ तीस से पांच अप्रैल उन्नीस सौ तीस तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च किया था इसी की याद में इस बार बारह मार्च से पांच अप्रैल दो हजार इक्कीस तक पच्चीस दिनों तक विशेष आयोजन किये जा रहे हैं प्रदेश में चार जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ये हैं बलिया में शहीद स्मारक लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक मेरठ में शहीद स्मारक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और झांसी में ऐतिहासिक किला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय समागार

अमृत महोत्सव का उद्देश्य लोगों को कांतिकारियों द्वारा किये गये त्याग और बलिदान से अवगत कराना है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट अमृत महोत्सव की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रम प्रदेश में उन चार ऐतिहासिक स्थानों पर आयोजित किए जाएगे जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे हैं यह स्थान है बलिया में शहीद स्मारक लखनऊ के काकोरी स्थित शहीद स्मारक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ और झांसी में मौजूद ऐतिहासिक झांसी का किला तथा दीनदयाल सभागार

भारतीय वेशमूषा में सजे धजे इन स्वयंसेक्कों के हाथों में आजादी के संघर्ष को बयां करते हुए पोस्टर होंगे कार्यक्रम के शुरुआत में शहीदों को पुष्पांजलि दी जाएहमम

भोजपुरी अक्षी और बुंदेली भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम से जुड़े और खास तौर पर दांडी मार्च से जुड़े गीत पेश किए जाएगे

पुस्रील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अमियान सम्पूर्ण मानवता की समृद्वि के लिए है और यह पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी इस पहल को दुनिया के लिए अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के एक सौ तीस करोड़ लोग देश को आत्मनिर्मर बनाने जा रहे हैं श्री मोदी कल स्वामी चिद्भवानदजी की श्रीमद्भगवदगीता के ई संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहां बने टीके दुनिया भर में जा रहे हैं श्रीमद्भगवदगीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा यह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है उन्होंने कहा कि युद्व के दौरान दुनिया को श्रीमद्भगवतगीता के रूप में बेहतरीन जीवन दर्शन मिला उन्होंने कहा कि गीता का मूल संदेश कर्म करना है जो हमारे दिमाग को खुला रखता है प्रधानमंत्री ने नौजवानों से आग्रह किया कि ये श्रीमद्भगवतगीता के संदेश को अपनायें क्योंकि यह व्यावहारिक और भरोसेमंद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर और नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं उन्होंने प्रदेश में लक्षित समूहों की जांच पर विशेष बल देते कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें श्री योगी कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे देशमर में अब तक कुल दो करोड़ छप्पन लाख नब्बे हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में कहा कि इकहत्तर प्रतिशत टीके जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में और उत्तीस प्रतिशत टीके प्राइवेट अस्पतालों में लगाए गए श्री भूषण ने कहा कि फरवरी के मध्य में रोगियों की संख्या न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद अब बढ़ रही है श्री भूषण ने कहा कि पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश केरल और पश्चिम बंगाल में रोगियों की संख्या में गिरावट आई है बलिया जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन को लेकर अमी भी सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने बताया कि जिले में अभी भी अट्ठारह कन्टेनमेंट जोन हैं इन इलाकों में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो सौ सत्ताईस घरों का सर्वे कर कोविड नमूनों की जांच की जिले में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अन्य स्थानों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है श्री प्रसाद ने बताया कि जिले में बुधवार दो सौ बीस लोगों को कोविड का टीका लगाया गया इसके अलावा जनपद में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चार सौ सत्ताईस गोल्डन कार्ड का पंजीकरण हुआ

उन्होंने कहा कि इस योजना से बच्चों और शिक्षकों में पठन पाठन की सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं पैदा होगी बल्कि इससे अवसर और प्रतिष्ठा की समानता भी हासिल होगी इस अवसर पर मण्डलायुक्त गौरव दयाल ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य आईएएस आईपीएस पीसीएस नीट और एनडीए समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग निःशुल्क प्रदान करना है गौरतलब है कि जिले में अब तक चार सौ छियासी छात्रों का पंजीकरण हो चुका है और अध्यापन के लिए शिक्षकों की सूची विभिन्न विद्यालयों और निजी कोचिंग संस्थानों से हासिल कर कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश और मुम्बई की टीम विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं फाइनल मुकाबला रविवार को दिल्ली में खेला जाएगा दिल्ली में कल खेले गए सेमिफाइनल मुकाबलों में उत्तर प्रदेश ने गुजरात को पांच विकेट से जबकि मुम्बई ने कर्नाटक को बहत्तर रन से पराजित किया महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेश भर में श्रद्वा और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जलामिषेक के लिए ब्रह्ममुदूर्त से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थीं श्रद्वालुओं द्वारा बेलपत्र मदार धतूरा और दुग्ध व जल से शिवजी का अभिषेक किया गया मंदिर में श्रद्वालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलामिषेक किया श्री योगी ने पीपीगंज भरोहिया के शिव मंदिर में भी भगवान शिव को जल चढ़ा कर पूजा अर्चना की गोरखपुर के क्ड़ाघाट स्थित झारखंडी शिव मंदिर और गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर में भी ब्रह्ममुहूर्त से ही जलामिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी फिरोजाबाद में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के प्रमुख सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर करीब दो लाख रूपये नकली नोट और नोट छापने के उपकरण बरामद किये हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडेय ने बताया कि जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में कल पुलिस ने छापे के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से जाली नोटों के साथ साथ नोट छापने की मशीनें प्रिंटर सहित उन्नीस उपकरण बरामद किये